कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की इन राज्यों में जिला स्तर पर स्थिति का आकलन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन कल उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिमाताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत इस बार कोविड से निपटने में पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में है लोगों द्वारा कोविड दिशा निदेशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्ण बंदी की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि पूर्ण बंदी वाले दिन जागरूकता अभियान सहित आपात कालीन सेवाओं और साफ सफाई का काम जारी रहेगा

मुख्यमंत्री ने मास्क न लगाने वालों पर कडो कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं बिना मास्क के पहली बार पकडे जाने पर एक हजार रूपये और दूसरी बार पकडे जाने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा प्रदेश में संक्रमण के इस समय एक लाख से अधिक रोगी हैं राज्य सरकार ने संक्रमण को और अधिक फैलने को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी सरकार ने कहा है जो अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार करेंगे उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस बीच राजधानी लखनऊ में लगातार बिगड़ रहे कोरोना हालात के मद्देनजर बलरामपुर अस्पताल और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर एक हजार मित्रों वाला आपातकालीन अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए हैं राज्य में ओम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी जिसमें कम से कम एक हफ्ते की कोरोना की दवाएं भी मौजूद रहेंगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोविड के इलाज के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं है उन्होंने मुख्य सचिव को रेमडोसिवियर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके मौजूदगी की समीक्षा करने के निर्देश दिए है एक महीने के स्टाफ का निरीक्षण करने के बाद जरूरत पड़ने पर रेमडोसिवियर इंजेक्शंस खरीदे भी जाएंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोराना के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है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

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है

इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लोक व्यवस्था भंग करने वाले व उपद्रवी तत्वों पर रासुका के तहत तथा गड़बड़ी फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्व कार्रवाई की जायेगी इसके साथ ही उपद्रव के दौरान सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई भी की जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिये सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को कोविड नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी

यह जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने आज लखनऊ में दी

प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को और गतिशील बनाने के लिये केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कल वर्चुअल संवाद किया

सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि पारम्परिक एवं आधुनिक खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये झांसी वाराणसी गोरखपुर एवं चित्रकूट में ट्वाय कलस्टर की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र को शीघ्र ही भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि स्फूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश में परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसके लिये एक सौ अड़सठ प्रस्तावों पर कार्य किया जा रहा है

इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान दुर्घटना में हुई मौत के लिये प्रथम दृष्टया दोषी दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दोषी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा विकास और सुरक्षा दोनों जिम्मेदारी निभाना ही होगा उन्होंने मृतक के प्रति संवेदना जताई